मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कर रही है सतत प्रयास इस दिशा में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं की जा रही है संचालित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का श्भारम्भ करेंगे देश भर में शुरू हो रही इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी श्री मोदी ने कल ओडिसा के तालचेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दस करोड़ से ज्यादा ग़रीबों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है

इस योजना के तहत देरा के दस करोड़ गरीब परिवारों को करीब करीब पचास करोड़ लोगों को अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो सालभर में पांच लाख रूपये तक का हेल्थ इंश्योरेंश दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र किसानों के समग्र विकास और कल्याण के लिए वचनबद्व है कल ही छत्तीसगढ के जांजगीर में एक किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के लाम के लिए फसल बीमा योजना किसान सम्पदा योजना मृद्रा स्वास्थ्य कार्ड और अन्य योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना है श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों का लक्ष्य आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है गांव के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है हर नागरिक के दिल में किस प्रकार से सपने आकार भी ले रहे हैं और साकार भी हो रहे हैं क्योंकि सरकार का इरादा नेक है हमारी नीतियां स्पष्ट है हमारी नियत साफ है एक ही मकसद है सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव लाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सत्तासी करोड़ सत्तावन लाख रूपये की लागत से गोरखपुर में कुल छत्तीस परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया जिसमें तीस करोड़ रूपये की लागत से नौ परियोजनाओं का शिलान्यास तथा सत्तावन करोड़ सत्तावन लाख रूपये की सत्ताईस परियोजनओं का लोकार्पण किया इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आसरा योजना के सात सात लाभार्थियों को आवास की प्रतीक चामी और प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सात लाभार्थियों को अन्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड वितरित किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने लामार्थियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने आवंटित आवासों में रहें उन्होंने कहा कि सरकार ग़रीबो के उत्थान के लिए सतत् प्रयासरत है और इस दिशा में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है श्री योगी ने कहा कि सरकार ने कृष्ठ रोगियों को एक एक मुख्यमंत्री आवास राशनकार्ड प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि वनटांगियां मुसहर थारू एवं अन्य जन जातियों के लोगों को भी राशन कार्ड पेंशन और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा जिससे उनका सामाजिक उत्थान हो सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली बदायूं शाहजहांपुर पीलीमीत बहराइच सीतापुर और हरदोई सहित प्रदेश के सभी जिलों में संक्रामक बीमारियों पर प्रमावी नियंत्रण के निर्देश दिये हैं राज्य के बरेली देवी पाटन और लखनऊ मंडल के सात जनपदों में बुखार के रोगियों में वृद्वि के मद्देनज़र श्री योगी ने अधिकारियों से संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य योजना का पूरी तरह क्रियान्वयन करने को कहा है इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाकों में व्यापक स्तर पर ज़रूरी उपाय कर रहा है ज़िला मुख्यालय में संचालित सभी सरकारी अस्पतालों में फ़ीवर हेल्प डेस्क बनाई गई है जहां बुखार पीड़ित मरीजों की जांच और विशेष देखभाल की जा रही है इसी तरह प्रभावित क्षेत्रों में ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी बुख़ार पीड़ितों के लिए जांच और ज़रूरी इलाज की व्यवस्था की गई है प्रवक्ता ने बताया कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित बरेली ज़िले में एक सौ बावन टीमें सक्रिय है और एक राज्य स्तरीय टीम सभी कार्यो की निगरानी कर रही है जनपद के दस ब्लाकों के तकरीबन एक सौ पचास गांव प्रभावित पाये गये हैं जहां स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर इक्यासी हज़ार से ज़्यादा रोगियों को चिन्हित कर चुकी है इन टीमों ने लगभग साढे तीन हजार बुखार पीडितों की जांच और उनका इलाज किया है बहराइच जिले के दो विकास खंडों में बारह गांव दुखार से सर्वाधिक प्रभावित हैं यहां सक्रिय स्वास्थ्य टीमों ने अब तक अड़सठ मरीजों की जांच और उनका उपचार किया है आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन प्रभावित जिलों में किसी रहस्यमयी बुखार का प्रकोप नहीं है बल्कि मलेरिया बुखार फैल रहा है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है श्री मौर्य कल लखनऊ में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में लोगों को संबेधित कर रहे थे उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को हर तरह का न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्द है श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना एक एक पल राष्ट्र के नव निर्माण के लिए समर्पित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके समर्थन में खड़ी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ऐसे परिश्रमी प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनके कार्यो पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इसका जवाब देश की समझदार जनता ही देगी उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को उनका हक जाति और धर्म देखकर दिया जाता था जबकि मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हुए हर वर्ग को उसका हक दे रही है उधर उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने फैज़ाबाद में फैज़ाबाद सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर अमेठी और बाराबंकी ज़िलों की एक सौ उन्नीस परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया

श्री शर्मा कल जौनप्र में वीर बहाद्र सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पंडित दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ के तत्वाक्षान में आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही छियालीस राजकीय डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शोध भी उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है

वस्त् और सेवा कर जी एस टी का भ्गतान करने वाले डीलरों के लाभ के लिए नया सरलीकृत जी एस टी रिटर्न फॉर्म छह महीने में उपलब्ध हो जाएगा बेंगलुरु में जी एस टी नेटवर्क के बारे में मंत्री समूह की दसवीं समीक्षा बैठक के बाद विहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इंफोसिस से कहा गया है कि वह जी एस टी परिषद की सिफारिश के आधार पर नया फॉर्म तैयार करे यह जी एस टी रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया को और आसान बना देगा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के हिमेटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एके त्रिपाठी ने आम जन मानस में एनीमिया रोगों के प्रति जागरूकता के लिए संवरती जिन्दगी नाम की एक फिल्म तैयार की है अपनी फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि एनीमिया हमारे देश में बहुत ज्यादा व्याप्त है आधा से तीन चौथाई जनता इससे पीड़ित है इसकी कजह से बच्चों में महिलाओं में बुज़र्गो में सभी को परेशानी होती है तरह तरह की बीमारियां और पैदा हो जाती हैं क्योंकि पन्चानबे प्रतिशत केसेज में एनीमिया तत्वों की कमी से होती है और यह किसी गरीबी की वजह से नहीं है ये इस वजह से होती है क्योंकि हम जागरूक नहीं है जीवन शैली का सही प्रयोग नहीं करते हैं और लाफरवाही करते हैं अज्ञानतावश

वैसे मैं अस्पताल में मरीजो को एवं उनके तीमरदारो को बताते हैं तो इस प्रयास में हम लोगों ने एक लघु फिल्म संवरती जिन्दगी बनाई